भाजपा ने दो सीटों पर जीत हासिल की है पार्टी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी ने विजय प्राप्त की वहीं कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ा उसकी तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुये

कोरोना संक्रमित कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर मतदान के लिए विधानसभा पहुंचे थे गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मध्यप्रदेश समेत छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है

इसमें प्रदेश के बालाघाट झाबुआ टीकमगढ़ छतरपुर रीवा सतना सागर पन्ना भिंड अलीराजपुर बैतूल खंडवा शहडोल धार डिंडौरी कटनी छिंदवाड़ा सिवनी मंडला खरगोन शिवपुरी बड़वानी सीधी और सिंगरौली जिले शामिल है शहीद चीन सीमा पर शहीद हुए रीवा जिले के जवान दीपक सिंह का अंतिम सस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके प्रैतक गांव फरेन्दा में किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे परिजनों को सांत्वना देते हुए श्री चौहान ने कहा कि दीपक जैसे भारत के सपूत के रहते भारत को कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिवार को एक करोड़ रुपए की सम्मान निधि पक्का मकान या प्लॉट तथा उनकी धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहीद स्व दीपक सिंह के ग्राम के मार्ग का नामकरण उनके नाम से किया जाएगा इसके साथ ही ग्राम में स्व दीपक सिंह की प्रतिमा स्थापित की जायेगी उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाया जायेगा प्रधानमंत्री योग दिवस संदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए इस बार हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय हैः घर पर योग और परिवार के साथ योग श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद इस बात पर अधिक ध्यान देने की ज़रुरत होगी कि रोगों से कैसे बचा जाए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योग को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षो में खासकर युवाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है उधर जबलपुर में प्रधानमंत्री की अपील पर लोग घर पर योग कर रहे हैं

उधर देवास में आज सुबह तीन नये मरीजों का पता चला

सिवनी में एक और कोरोना संक्रमित मिला है कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने बताया है कि यह युवक पिछले दिनों नोएडा से लौटा था वहीं खंडवा में भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

रतलाम में अब कोरोना के मरीज मेडिकल कॉलेज से परिजनों फोन पर चर्चा कर सकेंगे कलेक्टर ने इसकी व्यवस्था के निर्देश दिये है

मढ़ई अनलॉक होशंगाबाद जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी के बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले पर्यटन केंद्र मढ़ई को ककल खोल दिया गया

नमस्कार